केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा महामारी से निपटने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों ने उठाए सभी जरूरी कदम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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

सार्वजनिक परिवहन को बंद रखने व निजी वाहनों को आपात स्थिति में ही चलाने की अनुमति दी गई है दुकान समय इस बीच राज्य सरकार द्वारा कल से तीन घंटे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकाने खोलने के संबंध में विभिन्न जिला उपायुक्तों ने समय सारणी जारी कर दी है

आग्रह दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू के प्रभावी कार्यान्वयन में अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है उन्होंने लोगों से घर में ही रहने और अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने का भी आग्रह किया मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने और प्रदेशवासियों के जीवन और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में मेक शिफ्ट अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों क्षेत्रीय अस्पतालों और कोविड समर्पित अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है उन्होंने बताया कि मंडी जिले के भंगरोटु में मेक शिफ्ट अस्पताल बनकर तैयार है और इस अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी जांच प्रकिया अंतिम चरण में हैं उन्होंन उम्मीद जताई कि ये अस्पताल विशेष रूप से मंडी जिले और पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा ऑक्सीजन प्लांट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया चंबा के ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता चार सौ पीएलएम और हमीरपुर के प्लांट की क्षमता तीन सौ पीएलएम है मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों संयंत्र इन चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे

इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और सांसद किशन कपूर भी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे धुमल इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार का आभार जताया है उन्होंने कहा कि ये प्लांट ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने और रोगियों के जीवन रक्षण में सहायक सिद्ध होगा

उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर विभिन्न हिमाचली कल्याणकारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाए गए हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप देशभर में ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ी है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारें इस विपदा से निपटने के लिए आपसी तालमेल से सभी जरूरी कदम उठा रही है

उन्होंने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ इस अस्पताल का दौरा करने के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि अस्पताल के सभी बिस्तरों पर पाइप के द्वारा ऑक्सीज़न उपलब्ध करवाने के लिए कल से ऑक्सीज़न युनिट बनाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा जिसे एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा

इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष कूलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी कोरोना काल में जरूरतमंदों की हर संभव मदद कर रही है सुक्खू कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कोरोना संकट के बीच मनरेगा मजदूरों को बिना काम के दिहाड़ी देने की मांग की है उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूर काफी संख्या में एक जगह एकत्रित हो रहे हैं जिसके चलते वे संकमण की चपेट में आ सकते है सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सुझाव दिया कि जिन मजदूरों के नाम का मस्ट्रोल निकल चुका है उन्हें दिहाड़ी दे दी जाए और हालात सामान्य होते ही उनसे ये काम लिया जाए उन्होंने कोरोना की आरटीपीसीआर व रैपिड एंटिजन टैस्ट की रिपोर्ट एक दिन में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने की भी सरकार से मांग की है सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किए जा रहे अथक प्रयास सराहनीय है उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना महामारी से निपटने और कोविड मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी कार्य कर रही है

पंचायतों ने निर्देशों के प्रतियां सार्वजनिक स्थानों पर लगा दी हैं ताकि सभी लोग इन आदेशों से अवगत हो सके इन आदेशों की अवहेलना पर एक हजार रूपए जुर्माने का प्रावधान है संस्था जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सामाजिक व धार्मिक संगठन यंग द्रकपा संस्था गरशा कोरोना काल में सराहनीय कार्य कर रही है संस्था के सदस्यों ने चंबा की सीमा से सटे और लाहौल घाटी के अंतिम गांव भुजंड में लोगों को महामारी को लेकर जागरूक किया और उन्हें दवाईयां मास्क व सेनेटाइज़र समेत अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित की संस्था के पूर्व अध्यक्ष व सलाहकार सोनम जंगपो ने बताया कि संकट की इस घड़ी में संस्था प्रशासन व जनता के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगी

वर्चुअल आधार पर होने वाली इस बैठक में पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला विशेष रूप से मौजूद रहेंगे प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि इस बैठक में कोरोना काल में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए राहत कार्यों की समीक्षा और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी